आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि क्रषि क्षेत्र किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार हैं उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दम खम दिखाया श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने ख़द को अनेक बंदिशों से आजाद किया है और अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है उन्होंने कहा कि किसानों में अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं बल्कि अपने खेत में वे धान गेहूं सरसों गन्ना जो कुछ भी उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आजादी मिल गई है

इसका मुख्य उद्देश्य अदालत में लंबित पड़े मामलों को कम करना है एक दिवसीय ई लोक अदालत को प्रदेश कानूनी सेवा प्राधिकरण ए पी एस एल एस ए के कार्यकारी अध्यक्ष के निदेशन में पाप्म पारे ईस्ट कामेंग वेस्ट कामेंग और ईस्ट सियांग के जिला कानूनी प्राधिकरण ने आयोजित किया था

प्रमाण पत्र और मेमेंटॉस से ब्लाड डोनर्स को सम्मानित करते हुए श्री जिनी ने कहा कि यह एक मानवीय सेवा है और इसमें रक्त दान करने वालों को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि उन्हें लाभ ही होगा उनके शरीर में जमा हुए आईरोन को कम करने के साथ कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को घटाने कैलोरी को घटाने और लम्बे समय में रक्त कोशिशका उत्पादन करने में सहायक होगा कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ मोली रिबा ने लोगों को संबोधित किया

इसके साथ ही राज्य में कोरोना के आठ हजार आठ सौ उनहत्तर मामले हो गए है राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार राजधानी क्षेत्र ईटानगर से सत्तासी मामले रिपोर्ट किए गए है ईस्ट सियांग से इक्वीस चांगलांग से चौदह तवांग से बारह कुरुंग कुमे और वेस्ट कामेंग से दस दस वेस्ट सियांग पापुमपारे और अपर सुबनसिरी से सात सात मामले सामने आए है

इस दौरान प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से एक सौ सड़सठ मरीज ठीक हो गए है और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है

गौरतलब है कि पिछले साल के इक्कीस मई को तिराप जिले के पानसमथोंग गांव में दिवंगत विधायक तिरोंग आबोह सहित दस लोगों की सामुहिक हत्या कर दी गई थी एन आई ए ने कथित आरोपी अपेम अबसोलन तांगखूल और विक्टर की जानकारी देने वाले को पांच पांच लाख और जेम्स किवांग और राबी वांगनो के बारे में जानकारी देने वाले को तीन तीन लाख़ रुपये का इनाम देने की घोषणा की है बता दे कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल यूपिया स्थित एन आई ए विशेष कार्टे में चार एन एस सी एन आईएम काडरो के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की है

वे बयासी वर्ष के थे उन्हें पच्चीस ज्न को दिल्ली में सेना के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था असपताल के सुत्रों ने बताया कि उनका गंभीर मस्तिषक क्षति और सेप्सिस का उपचार चल रहा था

जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे उन्होंने रक्षा विदेश और वित्तमंत्री के रूप में काम किया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे वे चार बार लोकसभा के लिए और पांच बार राज्यसभा के लिए चुने गए उन्होंने ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता के रूप में भी काम किया

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह की मृत्य् पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारी विशिष्ट सांसद प्रतिभाशाली नेता और ब्द्विजीवी जसवंत सिंह की मृत्यु से उन्हें धक्का पहुंचा है श्री कोविंद ने कहा कि जसवंत सिंह ने अनेक कठिन भूमिकाएं सरलता और सहजता के साथ अदा कीं राष्ट्रपति ने उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना व्यक्त की